मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रभावितों की मदद के लिए सोलिडेरिटी रिस्पॉन्स फंड में लोगों से दान देने की अपील की

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भाजपा कार्यकताओं से कोरोना प्रभावित की मदद के लिए आगे आने का आहवान किया है वे आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य भाजपा नेताओं के साथ शिमला से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने हर कार्यकर्ता को ये सुनिश्चित करने को कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए लगाए गए कर्फ्यू के दौरान राज्य में कोई भी व्यक्ति भोजन और आश्रय के बिना न रहें जयराम ठाक्र ने औद्योगिक क्षेत्रों और परियोजना क्षेत्रों में फंसे श्रमिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने पर विशेष बल देने की जरूरत बताई उन्होंने पार्टी कार्यकताओं को अन्य राज्य से आए लोगों की पहचान में सहयोग करने को कहा ताकि उन्हें भोजन व रहने की व्यवस्था की जा सकें मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की होमडिलवरी के लिए जिला प्रशासन और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ तालमेल बनाने को भी कहा

उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है और प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में इन वस्तुओं की कोई कमी नहीं है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए पौध संरक्षण सामग्री वाली द्दकानों को भी खुला रखने का निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब और सब्जियों के लिए किसानों को एंटी हेलनेट उपलब्ध करवाए जाएंगे और मध्मक्खी पालन से जुड़े लोगों की सुविधा को लिए भी कदम उठाए गए हैं मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने मुख्यमंत्री से बागवानों की सुविधा के लिए उर्वरकों और स्प्रे तेल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया उन्होंने ऊपरी शिमला के लिए इन सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित न करने की मांग भी की

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो लोग राशन व दवा खरीदने में असमर्थ हैं उन्हें ज़िला प्रशासन घरद्वार पर सामान उपलब्ध करवा रहा है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में जमाखोरी व मुनाफाखोरी करने वाले लोगों को खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उधर मण्डी ज़िला प्रशासन द्वारा रैडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से गरीबों व असहायों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है प्रशासन ने आज ज़रूरतमंद लोगों को राशन की एक हज़ार किट निशुल्क वितरित की

तीमारदारों ने इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए चिकित्सकों का आभार जताया है इधर शिमला में रहने वाले बेसहारा ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए प्रेस क्लब शिमला राशन व अन्य ज़रूरी सामान वितरित करेगा

परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों के प्रति सरकार संवेदनशील है पालमपुर से जारी एक प्रैस बयान में उन्होंने लोगों से संयम रखते हुए घरों में ही रहने की अपील की है

परमार ने लोगों को अफवाहों से दूर रहने का आहवान भी किया होमडिलीवरी कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश में लगाए गए कर्फ्य के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के उद्देश्य से उचित प्रबंध किए जा रहें है हमीरपुर ज़िला उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि हमीरपुर नगर परिषद क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू करने के लिए ऑनलाइन डिमांड सिस्टम तैयार किया गया है ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वैबसाइट एचपीएचएमआर डीडीएमए डॉट आईएन पर लॉगइन कर इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है

उन्होंने इस वैश्विक महामारी से निपटने और हर स्तर पर बेहतर कार्य करने के लिए राज्य सरकार की सराहना भी की

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि एच डीएफसी बैंक की छोटा शिमला स्थित शाखा में एक नया बैंक खाता खोला गया है

उन्होंने कोरोना वायरस के प्रभावितों की सहायता के लिए लोगों से इस खाते में उदारता पूर्वक दान देने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि दानकर्ता डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हिमाचल डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर भी दान कर सकते है

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा एआईआर न्यूज वेबसाइट डब्लयू डब्लयू डब्लयू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डाट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सोलन ज़िले में किसानों के उत्पाद मण्डियों तक पहुंचाए जा रहे हैं और पशुधन के लिए चारे के समुचित प्रबंध किए गए हैं सोलन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि चारे को विशेष श्रेणी में रखा गया है ताकि चारा लाने वाली गाड़ियों को कहीं पर भी न रोका जाए सैजल ने प्रशासन को कर्फ्यू के दौरान लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए पश्चारा दूसरी ओर किसानों का कहना है कि उन्हें पशुचारे की कमी का सामना करना पड़ रहा है किसानों ने सरकार से जल्द तूड़ी बेचने वालों को अनुमति देने का आग्रह किया है ताकि पुशधन के लिए चारे का प्रबंध हो सके

उपायुक्त ने कहा कि बाहरी राज्यों में फंसे ऊना जिला के लोग प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं इसके अलावा पशु चारे के लिए किसान अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई है शिमला से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का सरकार से आग्रह किया है राठौर ने बाज़ारों में नकली और घटिया किस्म के सैनिटाइज़र व मास्क बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की मांग भी की इन्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण तिथियों में बदलाव किया है

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा लेकिन कल रात जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में व्यापक वर्षा हुई है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में मार्च माह के अंत में भारी बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है और दिसम्बर माह से बंद रोहतांग दर्रा खोलने का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है जिलें में हिमपात के कारण बिजली की तारें ट्टने से विद्युत आपूर्ति सहित अधिकांश क्षेत्रों में संचार सेवा भी बाधित है घाटी में सभी सड़कें बंद है जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है राजधानी शिमला समेत आस पास के इलाकों में दिनभर हल्के बादलों के बीच धूप खिली रही